तीन सौ पचपन शहरों में की जा रही है प्रदूषण की निगरानी राज्य में पराली जलाने पर सरकार सख्त

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी से कहा है कि वह सरकारी विभागों में धोखाधड़ी रोकने के लिए तकनीकी टूल्स विकसित करें कल नई दिल्ली में महालेखाकारों और उप महालेखाकारों के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सीएजी को व्यावसायिक धोखाधड़ी से निपटने के लिए नए तरीके तलाशने चाहिए ताकि शासन और सक्षमता में सुधार लाया जा सके

बाइट देश में आउटकम आधारित टाइम बाउंड तरीके से काम करने की जो व्यवस्था विकसित हो रही है उसमें सीएजी की बहुत बड़ी भूमिका है साथियों दशकों से खड़ी की हुई इस व्यवस्था में बहुत तेजी से परिवर्तन लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी सीएजी की जिम्मेदारी इसलिए भी अधिक है क्योंकि आप देश और समाज के आर्थिक आचरण को पवित्र रखने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं श्री मोदी ने सीएजी से यह भी कहा कि वह भारत को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में भी योगदान करें इससे पहले प्रधानमंत्री ने सीएजी कार्यालय परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से सात करोड़ से अधिक किसानों को फायदा हुआ है

केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि इस साल पहली दिसम्बर से इस योजना का फायदा उठाने के लिये आधार आंकड़ों का प्रमाणित होना जरूरी होगा उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों ने लाभार्थियों को आधार आंकड़ों को प्रमाणित करने के बारे में जागरूकता और प्रचार अभियान चलाया है श्री तोमर ने बताया कि उत्तर प्रदेश में एक करोड़ सड़सठ लाख से अधिक किसानों ने इस योजना का फायदा उठाया है जो देश के सभी राज्यों से अधिक है सरकार ने अगले साल मार्च तक दो लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है

युवाओं को ई सिगरेट के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर में इसके उत्पादन आयात वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए अध्यादेश मंजूर किया था पहली बार उल्लंघन करने वालों के लिए विधेयक में एक साल कैद की सजा और एक लाख रूपये जुर्माने का प्रस्ताव किया गया है ई सिगरेट का भंडारण दंडनीय होगा

ई सिगरेट इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम का सबसे आम रूप है हाल के अध्ययनों से पता चला है कि ई सिगरेट तम्बाकू का हानिरहित विकल्प बिल्कुल नहीं है बल्कि इससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती है और दीर्धावधि में द्रष्परिणाम भी हो सकते हैं

एक टवीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से मन की बात के लिए अपने विचार भेजने का आग्रह किया है

केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए समयबद्ध व्यापक योजना तैयार की गई है श्री जावड़ेकर ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए शहरी वानिकीकरण पौध नर्सरी और लोगों की सजग भागीदारी पर जोर दिया उन्होंने कल संसद में कहा कि सरकार सीएनजी एलपीजी और एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल जैसे स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों को बढ़ावा दे रही है

श्री जावड़ेकर ने आज संसद में जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांटों को बंद कर दिया है

श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने शहर के लिए योजना बनाई है प्रदेश में कृषि अवशेष और पराली जलाने के खिलाफ प्रशासन द्वारा काफी सख्ती बरती जा रही है इस मामले में लापरवाही बरतने वाले कमचारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है

औरैया और विधूना तहसील में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में असफल रहने पर पांच लेखपालों के विरूद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए बत्तीस लेखपालों को चेतावनी जारी की गई अन्य मामलों में चार थानों के ग्यारह चौकी प्रभारियों को कारण बताआ नोटिस जारी किया गया है पीलीभीत जनपद में पराली जलाने के मामले में बारह किसानों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस ने किसानों को शांतिभंग के आरोप में चालान कर उप जिलाधिकारी न्यायालय में पेश किया जहां से उनकी जमानत नामंजूर हो गई और उन्हें चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भज दिया गया उधर लखीमपुर खीरी में कई किसानों पर पराली जलाने के आरोप में मुकदमे दर्ज किये गये कोलकाता के ईडन गार्डेंस में भारत और बंगलादेश के बीच पिंक बॉल का पहला दिन और रात का क्रिकेट टैस्ट मैच चल रहा है मेहमान बंगलादेश टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया भारतीय गें दबाजों ने बांग्लादेश को शुरूआती दौर से ही झटके देना शुरू कर दिये बाद में बांग्लादेश की टीम एक सौ छह रन बनाकर आउट हो गई पिंक बाल से दिनरात मैच की शुरूआत के साथ ही भारतीय टैस्ट क्रिकेट में एक नये युग की शुरूआत हुई पांच दिवसीय टैस्ट मैच का उद्घाटन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में हुआ इस समय कप्तान विराट कोहली के नेतृत्व में भारतीय टीम खेल रही है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यदि देश को विकास के पहले पायदान पर लाना है तो उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान पर लाना होगा श्री मौर्य आज बरेली में लगभग सैंतीस करोड़ रूपये की परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता का विश्वास हमारे साथ है श्री मौर्य ने बताया कि वर्तमान में प्रदश में एक सौ चौरानवे सेतुओं का निर्माण चल रहा है जिसमें से दस निर्माणाधीन सेतु बरेली में हैं प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को उनके इक्यासीवें जन्मदिवस पर बधाई दी है राज्यपाल ने अपने संदेश में श्री यादव के स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की कामना की लखनऊ में सपा कार्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने युवाओं से गरीबों और असहायों की सेवा करने का आह्वान किया